राज्य सतर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिशन की औपचारिक शुरूआत करेंगे पोषण में सुधार के लिए जारी प्रयासों को जन आंदोलन का रूप देने के लक्ष्य के साथ ये मिशन लागू किया जा रहा है

महिला दिवस राज्यपाल आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है इस अवसर पर आनंदीबेन पटेल ने आकाशवाणी से प्रसारित अपने संदेश में कहा कि महिलाएं समाज का महत्वपूर्ण अंग है और उनकी भागीदारी के बिना किसी भी देश समाज का विकास नहीं हो सकता राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि देश परिवार समाज के विकास के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जुरुरी है

राज्यपाल ने अपने संदेश में खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं का अह्वान किया है कि उनके लिए चलाई जा रही योजानाओं के लिए बढ़ चढ़ कर फायदा ले स्मृति इरानी महिला दिवस सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति इरानी ने कहा है कि स्त्री शक्ति का सम्मान केवल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जैसे विशेष अवसर तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसे प्रतिदिन सराहा जाना चाहिए आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में श्रीमती इरानी ने कहा कि महिलाओं में देश के नेतृत्व और समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता मौजूद है उन्होंने कहा कि महिलाओं का प्रतिदिन सम्मान होना चाहिए और उन्हें उनके सपनों को साकार करने में हरेक व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए सुश्री इरानी ने कहा कि प्रुषों को महिलाओं से जुड़े मुद्दों और समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को बधाई और शुभकामनाएं दी है इस अवसर पर पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं भोपाल में राज्य स्तरीय महिला सम्मान सुरक्षा और स्वरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस करेंगी इसमें महिलाओं और बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जायेगा लिंगानुपात में सुधार के लिए बुरहानपुर जिले को एक लाख रूपये की पुरस्कार राशि मिलेगी इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वसतीगृह स्वयंसिद्दा का लोकार्पण करेंगे इन्दौर में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं खंडवा में पुलिस विभाग द्वारा दोपहर बाद महिलाओं का सम्मान समारोह रखा गया है

ग्वालियर नगरनिगम में महिला सफाई संरक्षकों को सम्मानित किया जायेगा पूर्व संध्या पर महिला साहित्यकारों का सम्मान किया गया आगरमालवा गुना में महिला सशक्तिकरण पर जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा वहीं प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने और सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में कार्ययोजना बनाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश प्रलिस और ब्रिटेन के शैफील्ड हैलम विश्वविद्यालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रसायनिक कीटनाशकों और खाद के अधिक उपयोग से प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए जैविक खेती को आगे बढ़ाना होगा उन्होंने कल बालाघाट में राज्य स्तरीय जैविक आध्यामित्क किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश को जैविक खेती के मामले में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा और जैविक उत्पादों को बाजार दिलाने की मजबूत व्यवस्था की जायेगी कार्यकम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि बालाघाट में जैविक खेती के प्रसार का लाभ आसपास के क्षेत्रों को भी मिलेगा और छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रसार किया जायेगा केन्द्रीय कर्मचारी डीए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ते डीए को मंजूरी दे दी है कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह निर्णय लिया गया मंत्रिमंडल ने कहा कि पेंशनधारियों को इस वर्ष पहली जनवरी से डीए की अतिरिक्त किस्त जारी की जाएगी

इस बार मुख्यमंत्री ने नागरिकों से प्रदेश के विकास के लिये सुझाव मांगे हैं मौसम प्रदेश में प्रदेश में उत्तर और दक्षिण की तरफ से आ रही हवाओं के टकराव से मौसम में अचानक बदलाव के साथ ही कल राजधानी भोपाल इन्दौर रतलाम धार सहित कई जगहों पर बारिश हुई भोपाल में देर रात गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला हुआ जो सुबह तक जारी रहा इससे तापमान में गिरावट आई

टीकमगढ़ छतरपुर सागर नरसिंहपुर छिन्दवाड़ा जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है

ये कल तक पहॅचने की संभावना है

जिसमें दो लाख से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है